विधेयक का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के सपनों को मूर्तरूप देने के लिये कार्य कर रही हैं श्री योगी ने कहा कि समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें अधिकार दिलाने के लिये संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्षी दलों के सदस्य नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे और सदन के बीचों बीच आ गये इसके उपरान्त विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी

इसके बाद परिषद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई

उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार तय समय अवधि में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्रभावी उपाय कर रही है श्री योगी ने यह उद्गार कल लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तिमाही बैठक को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक विकास निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन सहित विभिन्न नीतियों और योजनाओं के प्रभावी संचालन से उत्तर प्रदेश निवेश के नये आकर्षक गन्तव्य के रूप में उभरा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निवेश जरूरी है इसके लिये बैंकों द्वारा निवेश के लिये दी जा रही ज़रूरी ऋण सुविधा की नियमित समीक्षा की जा रही है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के संस्थागत वित्त विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वित प्रयासों से एक लाख इक्यावन हजार किसान क्रेडिट कार्डो की ई लांचिंग की

कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वित्तमंत्री सुरेश खन्ना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक अनिल शर्मा ने भी सम्बोधित किया

जनरल रावत सैन्य मामलों में सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में काम करेंगे और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे

सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज नये सेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है जो सेना प्रमुख के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद आज सेवानिवृत्त हो गये ह लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे ने सितंबर में सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था इससे पहले वह सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख थे जो चीन से लगी भारत की लगभग चार हजार किलोमीटर सीमा की निगरानी करती है

वह जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी कार्रवाइयों में भी शामिल रहे हैं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

यह आदेश प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रो पंडित श्रीकान्त शर्मा के निर्देश पर जारी किया गया है श्री शर्मा ने बताया कि यह बिजली उपभोक्ताओं के लिये सुनहरा अवसर है कि वह अपने बकाया बिलों को किस्तों में ब्याजमाफी के साथ जमा कर सकेंगे इस योजना के तहत चार किलोवाट तक के घरेलु उपभोक्ता को ब्याजमाफी के साथ बिल जमा करने की सुविधा दी गई है

सभी उपभोक्ताओं को एकमुश्त भूगतान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है

प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जन जीवन प्रभावित है कोहरे के कारण रेल सड़क और हवाई यातायात पर काफी असर पड़ा है लखनऊ कानपुर मुजफ्फरनगर वाराणसी और आगरा सहित कई जिलों में आज पारा खासा नीचे रहा पिछले चौबीस घंटे में लखनऊ और सुल्तानपुर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सैल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि कानपुर और मुजफ्फरनगर में पारा पांच डिग्री तक पहुंचा

उपन्यासकार तरूण निशान्त को उनके उपन्यास महानिर्वात में कोलाहल पर उन्हें अमृतलाल नागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस बारे में श्री निशान्त ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुये कहा यह उपन्यास महा निर्वात में कोलाहल आज की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई उपभोक्तावादी प्रवृति तथा भ्रष्टाचार पर केन्द्रित है व्यक्ति और समाज के केन्द्र में बाजार आ चुका है बाजार आदमी क मन मस्तिष्क पर इस तरह हावी है कि वह मनुष्यता से अपने रिश्ते को ही तिलांजलि देने में पीछे नहीं हट पा रहा है लेकिन इस प्रक्रिया में अन्तोगत्वा आदमी के हिस्से में दुख पीड़ा उदासीपन घुटन बिखराव ही आता है और जब तक वह उठकर आपकी जीवन के इन दुष्परिणों से सचेत होता है वह बहुत कुछ खो चुका होता है

इसके अलावा पुरस्कार पाने वालों में डॉक्टर ऊषा किरण खान हैं जिन्हें भारत भारती सम्मान से नवाजा गया है जबकि लोहिया साहित्य सम्मान पटियाला के डॉक्टर मनमोहन सहगल को दिया गया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रामसागर श्र्क्ल को उनकी प्रस्तक वन चले राम रघुराई के लिये नज़ीर अकबराबादी सर्जना पुरस्कार दिया गया है कहानीकार और पत्रकार नवनीत मिश्र को साहित्यिक अवदान के लिये साहित्य भूषण पुरस्कार मिला है कानपुर जिले म हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये हैं पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जिले के घाटमपुर इलाक के जहांगीराबाद गांव में आज तड़के यह दुर्घटना उस समय हुई जब घने कोहरे के कारण एक कार मिनी ट्रक से टकरा गई यह सभी मृतक कानपुर नगर के रहने वाले थे और अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिये कार से छतरपुर जा रहे थे